मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष दो हजार बाइस तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हर व्यक्ति के पास अपना मकान होगा श्री योगी कल गोरखपुर के मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जीवन की सुगमता में मकान बिजली साफ पानी स्वास्थ्य सुविधायें स्कूली शिक्षा और नजदीकी रोजगार की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में केन्द्र और राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही हैं

मुख्यमंत्री ने कहा इस योजना के तहत शहरी इलाके के पात्र लोगों को ढाई लाख रूपये दिये जाते हैं इसमें डेढ़ लाख केन्द्र सरकार और एक लाख रूपये राज्य सरकार देती है उन्होंने कहा कि आवास योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्र में अठ्ठारह लाख और ग्रामीण इलाके में बाइस लाख आवास दिये गये हैं इस अवसर पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह प्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष दो हज़ार बाइस तक हर भारतीय के पास अपना आवास होने का लक्ष्य रखा गया है श्री पुरी ने कहा कि इस योजना में देश में उत्तर प्रदेश के आंकड़े सर्वश्रेष्ठ हैं

राज्य में टीकाकरण अभियान जारी है साठ साल से ज्यादा उम्र के अधिकांश लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करायी जा चुकी है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए सजग रहने और जरूरी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का आहवान किया है पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है दस साल से छोटे बच्चे साठ साल से ऊपर के लोग गर्भवती महिलाएं एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें दूसरा इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए मास्क का इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें अब वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है साठ साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है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

प्रदेशभर में रंगोत्सव होली श्रद्धा हर्षोल्लास और परम्परागत ढंग से मनायी जा रही है राज्य के कई भागों में होली अलग अलग अंदाज से मनायी जाती है ब्रज क्षेत्र में बंसत पंचमी से ही होली का उत्साह नज़र आने लगता है एक रिपोर्ट समूचा ब्रज मंडल आज होली की उमंग और उत्साह में डूबा रहा ब्रज मंडल में होली अपने तरीके और अपनी शैली में मनाई जाती है बसंत पंचमी के शुरू होने के साथ ही यहां न केवल लोगबाग किन्तु पूरे ब्रज की आबोहवा और वातावरण होली के उत्साह से सराबोर नजर आता है मथुरा में पूरे महीने कई प्रकार से होली मनाई जाती है जैसे कि लड्डू की होली लड्डमार होती फूलों की होती और रंगों की होती ऐसा माना जाता है कि होती का उत्सव सबसे पहले बृज से शुरू हुआ था जहाँ भगवान श्रीकृष्ण गोपियों के साथ होती खेलते थे जिसकी पुष्टि यहाँ लोकगीतों से हो जाती है ब्रज में और हर कोई अपने पारंपरिक तरीके से होली की मस्ती में रंगा नजर आया श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर ठाकुर बांकेबिहारीजी मंदिर प्रिय कांटजू मंदिर गोवर्धन गिरिराज जी मंदिर बरसाना नंदगांव गोकुल और अन्य प्रमुख मंदिरों सहित यहां लोग अबीर गुलाल और रंगों से होती खेलते नजर आए मंदिरों में और सार्वजनिक स्थानों परहोती और रसिया गीतों की गूंज अभी भी जारी है मंदिरों में बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी होली के उत्साह में सराबोर दिखे

उधर धार्मिक नगरो अयोध्या म रंगोत्सव का उल्लास चरम पर है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की खुशी में डूबी अयोध्या ने इस बार होली विशेष आनंद उत्सव के रूप में मनाई और अस्थाई भवन में विराजमान रामलला और उनके चारों भाइयों को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से आए अबीर गुलाल लगाए गए और उन्हें नये श्वेत वस्त्र धारण कराकर विभिन्न पकवानों का भोग लगाया गया और रामलला के होती खेलने का संदेश पाते ही संपूर्ण अयोध्या होली के जश्न में डूब गई कहीं मंदिरों में फूलों की होली खेली गई तो अयोध्या के घरों गलियों और चौराहों में अबीर गुलाल उड़ाने के साथ जमकर रंगों की बौछार की गई संत महंत और ग्रहस्थ एक दूसरे के रंग में रंग कर गले मिले और प्रेमएकता और सौहार्द का संदेश दिया राजेंद्र सोनीआकाशवाणी समाचार अयोध्या शिवनगरी काशी में भी रंगोत्सव की धूम रही गंगा के घाटों पर होलियारे अपनी विशेष वेशभूषा में आकर्षण का केन्द्र रहे होली के पावन पर्व पर महादेव की नगरी काशी रंगों से सराबोर रही सुबह से ही अबीर गुलाल भांग ठंडई के साथ होलियारों की टोलियां घाटो से लेकर शहर की गलियों तक निकलने लगी थीं होली की मस्ती सभी के सिर चढ़कर बोल रही थीं काशी में गंगा घाटों पर होलियारों के अबीर और गुलाल से पुते हुए चेहरे और अड़भंगी वेशभूषाएं सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं होली के रंग में महिलाएं भी रंगी नजर आई इस दौरान भांग भी घोंटी गयी और रंग गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया गया अस्सी घाट से राजघाट तक रंग और पारंपरिक फगुआ गीतों की मस्ती के बीच होली के उल्लास का एक अलग ही रंग देखने को मिला मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार वाराणसी पीलीभीत में परम्परागत ढंग से रंग खेलने के साथ साथ ज़िले में कई ऐसे स्थान हैं जहां होली मनाने का अनूठा और दिलचस्प ढंग है मुस्लिम बाहुल्य शेरपुर गांव में गालियां देकर होली का फगुआ वसूलने की परंपरा निभाई गई तो कल माधोटांडा में महिलाएं होली खेलकर अपना रुतबा कायम करेंगी घुंघचाई में कपड़ा फाड़ होली प्रसिद्ध है तो कुछ स्थानों पर मिट्टी व कीचड़ से होली खेली गई बिजनौर महोबा और अलीगढ़ समेत विभिन्न जगहों पर भी होली मनाये जाने के समाचार हैं

पिंकू कुमार दो दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गये थे

जिलाधिकारी राज कमल यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवान के परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नामकरण स्वर्गीय पिंकू कुमार के नाम से करने की घोषणा की है उन्होंने बताया कि शहीद जवान के परिजनों को पन्द्रह लाख रूपये का चेक दे दिया गया है श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में पहली अप्रैल से शुरू हो रहा है

सभी राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के द्वारा अधिकृत डाक्टरों और चिकित्सा संस्थानों के जरिये ज़ारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पंजीकृत बैंक शाखाओं में मान्य और स्वीकार किये जायेंगे इस साल छप्पन दिवसीय यह यात्रा अठ्ठाइस जून से बालताल और चंदनबाड़ो के रास्तों से एक साथ शुरू होगी और बाइस अगस्त दो हजार इक्कीस को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी तेरह साल से कम उम्र के बच्चों और पछत्तर वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गो और छः हफ्ते से अधिक गर्भवती महिलाओं को यात्रा की इजाजत नहीं होगी